ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह बजट आम आदमी के जीवन और भी सुगम बनायेगा साथ ही व्यक्तियों निवेशकों उद्योग और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट से किसानों की आय दोगुना करने में मदद मिलेगी श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में दक्षिणी राज्यों पूर्वोत्तर और लद्दाख की आकांक्षाओं का विशेष ध्यान रखा गया है

चार फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे सात फरवरी को मतदान होगा मतगणना भी इसी दिन होगी आठ फरवरी को उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा

सभी जगह हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा

ऐसे में अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक मेलों के लिए नई एसओपी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं

हर वर्ष दो फरवरी को यह दिन इस पृथ्वी पर लोगों को आर्द्र भूमि की जीवंत भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नम भूमि क्षेत्रों के संरक्षण और संवर्द्वन के लिए जागरूकता लाने को कहा है

रैली के लिए जिन अभ्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है वे अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे

मौसम विभाग ने उत्तरी भागों में कल से एक पश्चिमी विक्षोभ के सकिय होने से दो दिन तक हल्की बारिश की संभावना जताई है